प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिंगापूर में अमरीका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस से मुलाकात की उन्होंने अमरीका को भारत में रक्षा उपकरण बनाने के लिए आमंत्रित किया श्री मोदी ने कहा कि भारत अन्य क्षेत्रों में निर्यात का प्रमुख केन्द्र बन सकता है श्री मोदी की माइक पेन्स के साथ मुलाकात की जानकारी संवाददाताओं को देते हुए विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि श्री पेन्स ने यह स्वीकार किया कि भारत ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आर्थिक और राजनयिक रूप से अच्छी प्रगति की है

श्री गोखले ने कहा कि दोनों ही पक्ष इस बात से सहमत थे कि अमरीका से रक्षा संबंधित आयात में काफी बढ़ोतरी हुई है इससे पहले फिनटेक उत्सव में अपने प्रमुख भाषण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी से लोगों के जीवन में बदलाव लाने के अपार अवसर मिल रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी नई दुनिया में प्रतिस्पर्धा और शक्ति को परिभाषित कर रही है श्रो मोदी ने कहा कि पहले शासनाध्यक्ष के तौर पर उत्सव को संबोधित करना उनके लिए सम्मान की बात है उन्होंने कहा कि ये अवसर भारत में वित्तीय क्रांति को मान्यता प्रदान करता है जहां एक अरब तीस करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है श्री मोदी ने कहा कि फिनटेक नवाचार और ज्ञान की शक्ति में विश्वास तथा विश्व को बेहतर स्थान बनाने में भरोसे का उत्सव है श्री मोदी ने सिंगापूर के उप प्रधानमंत्री टी शनमुगारत्नम के साथ संयुक्त रूप से एपिक्स यानि एप्लीकेशन प्रोग्रेमिंग इंटरफेस एक्सचेंज का उद्घाटन किया एपिक्स विश्व की वित्तीय संस्थाओं को भारतीय कंपनियों के साथ जोडने का एक माध्यम होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से राज्य में सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के प्रारम्भ के समय यहां शौचालयों की कवरेज तेईस प्रतिशत थी जो अब बढ़कर निंनयानवें प्रतिशत हो गई है इस दौरान एक करोड़ छप्पन लाख से भी अधिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है श्री योगी कल लखनऊ में नीति आयोग भारत सरकार के साथ एक्शन प्लान फार उत्तर प्रदेश की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य में सैंतीस जिले पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त हो गये हैं और इस महीने के अन्त तक राज्य में शौचालयों का शत प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य है

श्री योगी ने कहा कि बुन्देलखंड में हर घर को शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए सरकार प्रयासरत है राज्य में सिंचाई की सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है और बीस वर्षो में पहली बार नहरों की टेल तक पानी पहुंचा है बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने राज्य सरकार की स्वच्छता ग्रामीण आवास सहित कई क्षेत्रों में प्रगति की सराहना की राज्यपाल राम नाईक ने आज प्रयागराज स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर को एक समारोह के दौरान मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलायी न्यायमूर्ति माथुर इससे पूर्व राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं न्यायमूर्ति डीबी भोसले के सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति माथुर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था

इस उपग्रह में पूर्वोत्तर और देश के दूरदराज इलाकों को लेकर उच्च गति से आंकड़ों के हस्तांतरण की क्षमता होगी

जीएसएलवी मार्क थ्री रॉकेट की यह दूसरी परीक्षण उड़ान है

इस अवसर पर बोलते हुए श्री महाना ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डिफेंस इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर की घोषणा की थी जिसमें दो कॉरिडोर थे जिनमें से एक यूपी में हैं उन्होंने बताया कि पहले रक्षा मंत्रालय के कई उत्पाद ऐसे थे जिनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था अब उन्हें डीलाइसेंसिंग कर दिया है जिससे उद्यमियों को इंडस्ट्रीज लगाने में सहूलियत होगी श्री महाना ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि डिफेंस इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर में उद्योग लगे और प्रदेश औद्योगोकरण की ओर आगे बढ़े इस एक्सपो का उददेश्य देश की रक्षा उत्पादन इकाइयों में मेक इन इंडिया को बढावा देना है इस मेले में रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है

इस कार्यक्रम का आयोजन केन्द्र सरकार यूपीडा और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोशियन द्वारा किया जा रहा है एक्सपो में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा बनाई गई डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग पालिसी पर चर्चा होगी

बच्चों के अधिकारों देखभाल और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है

लखनऊ कुशीनगर अमरोहा हमीरपुर सहित अनेकों स्थानों पर नेहरू जी को याद कर उन्हें भावभीनी श्रद्धाजंलि दी गई

लखनऊ में विधि और न्यायमंत्री बृजेश पाठक ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि देश का भविष्य बच्चों पर निर्मर है और उन्हें अच्छी शिक्षा देने की आवश्यकता है छठ महापर्व का चार दिन का अनुष्ठान आज उगते सूर्य को अघ्य दने के साथ संपन्न हो गया सूर्यदेव की आराधना के बाद व्रतियों ने छत्तीस घंटे का उपवास तोड़ा और श्रद्वालुओं के बीच प्रसाद वितरित किया गया राज्य में विभिन्न नदियों के घाटों पर श्रद्धालु आज तड़के से ही एकत्रित होने लगे ठेकुआ मौसमी फल और अन्य पूजन सामग्रियों के साथ उगते हुए सूरज को अर्घ्य अर्पित किया गया कई क्षेत्रों में श्रद्धालुओं न तलाबों और जलाशयों में खड़े होकर अर्घ्य अर्पित किया कुशीनगर में छठ पर्व पर तुर्कपट्टी स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की गई आज विश्व मधुमेह दिवस है मधुमेह से विश्व की एक बड़ी आबादी ग्रसित है देश में लगभग सात करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी रूप में मधुमेह से पीड़ित है इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मधुमेह जागरूकता के बारे में कार्यक्रम आयोजित किये गये